राज्य में कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर जारी बीकानेर जिले में हई ओलावृष्टि गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में प्रतिबंधित गतिविधियां चरणबद्व तरीके से फिर खोलने र्क बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं

कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियां चरणबद्व तरीके से खोली जाएगी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सम्बद्ध केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से इन गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं एसओपी जारी करेगा

राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे संस्थानों और अभिभावकों तथा अन्य सम्बद्ध पक्षों के साथ सलाह मश्विरा करें

नये दिशा निर्देशों के अनुसार देशभर में केवल क्छ ही गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा इनमें अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा मेट्रो रेल का परिचालन सिनेमा हाँल जिम तरणताल मनोरंजन पार्क रंगमंच बार और सभागार तथा अन्य इसी तरह के स्थल शामिल हैं

तीसरे चरण में स्थिति का आकलन करने के बाद इन गतिविधियों को खोलने की तारीख तय की जाएगी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारें कंटेनमेंट क्षेत्रों का परिसीमन करेंगी

नये दिशा निर्देशों में कहा गया है कि दो राज्यों के बीच और राज्य के भीतर व्यक्तियों और वस्तुओं के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा

ये कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के समुद्र सेतु अभियान का अगला चरण आज से शुरू हो रहा है

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लिखे पत्र में कहा कि पिछले एक साल में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं

श्री गहलोत कल वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से राज्य के पंचायत जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे इसमें जिला स्तर से पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया साथ ही चर्चा में राज्य मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्यों वरिष्ठ अधिकारियों और जिला कलेक्टरों ने भी भाग लिया इस दौरान कोरोना से उत्पन्न हुई विभिन्न स्थितियों गर्मी को देखते हुए पीने के पानी की उपलब्यता टिड्डी नियंत्रण और कृषि जिंसों की खरीद और मनरेगा कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गयी

आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है

राज्य में कई स्थानों पर आंधी और बारिश के बाद तापमान में लगभग पांच डिग्री सैल्सियस की गिरावट दर्ज की गयी है